रात तक इसके पारित होने की संभावना विधानसभा उपाध्यक्ष पद के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस की ओर से हिना कांवरे और भाजपा की ओर से जगदीश देवड़ा ने पर्चे भरे ट्रेड यूनियनों की हड़ताल के आज दूसरे दिन प्रदेश में बैंकों सहित विभिन्न केन्द्रीय कार्यालयों का काम प्रभावित रहा

आरक्षण विधेयक आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण से संबंधित एक सौ चौबीसवें संविधान संशोधन विधेयक पर राज्यसभा में चर्चा हो रही है इस विधेयक के आज पारित होने की संभावना है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने सदन में विधेयक पेश करते हए कहा कि इसका उद्देश्य लाभार्थियों को आर्थिक और शैक्षिक रूप से सशक्त बनाना है उन्होंने विधेयक को जल्दबाज़ी में लाये जाने के आरोप का खंडन करते हुए कहा कि इसकी मांग लम्बे समय से की जा रही थी कांग्रेस के आनंद शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी विधेयक का समर्थन करती है लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आम चुनाव को ध्यान में रखकर यह विधेयक लाई है इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने महाराष्ट्र के सोलापूर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए दस प्रतिशत आरक्षण का विधेयक गरीबों के उत्थान के लिए एक एतिहासिक कदम है जो सबका साथ सबका विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है उन्होंने कहा कि यह विधेयक उन लोगों को मजबूत जवाब है जो इस संबंध में झूठ फैला रहे हैं विस उपाध्यक्ष राज्य विधानसभा में उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव होने की संभावनायें बढ़ गई हैं विधानसभा में पिछले कई वर्षो की परंपरा के अनुरूप उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के किसी सदस्य को जाता रहा है लेकिन सत्तारूढ़ कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में अपने उम्मीदवार नर्मदा प्रसाद प्रजापति की जीत के बाद अब उपाध्यक्ष पद के लिए विधायक हिना कांवरे को मैदान में उतारा है सुश्री कांवरे ने आज विधानसभा सचिवालय में नामांकन दाखिल किया इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री गोविंद सिंह सहित कई कांग्रेस विधायक मौजुद थे वहीं भाजपा की ओर से जगदीश देवडा ने उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र भरा मध्यप्रदेश की नवगठित पंद्रहवी विधानसभा के पहले सत्र का आज तीसरा दिन है

निर्वाचन के बाद राज्यपाल का अभिभाषण हुआ विस श्रद्धांजलि मध्यप्रदेश विधानसभा में आज पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी समेत दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गयी सदन की कार्यवाही शुरू होते ही अध्यक्ष एन पी प्रजापति ने श्री वाजपेयी श्री चटर्जी समेत चौदह दिवंगत नेताओं के निधन का उल्लेख करते हुए सदन की ओर से उनके प्रति श्रद्वांजलि अर्पित की मुख्यमंत्री कमलनाथ विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत विभिन्न सदस्यों ने श्री वाजपेयी और अन्य दिवंगत नेताओं के योगदान का जिक्र करते हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की इसके उपरांत सदन में दो मिनट का मौन रखा गया कुलपति महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय छतरपुर के कुलपति प्रियव्रत शुक्ल ने इस्तीफा दे दिया है कुलाधिपति और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर नये कुलपति की नियुक्ति तक अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के कलपति के एन सिंह यादव को छतरपुर के विश्वविद्यालय के कार्य संपादित करने को कहा है वहीं जनसंपर्क विभाग के सचिव पी नरहरि ने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और संचार विश्वविद्यालय के कलपति पद का अतिरिक्त प्रभार संभाल लिया है एक जनवरी को विश्वविद्यालय के तत्कालीन कलपति जगदीश उपासने का इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने सागर जिले में कृषि ऋण कृषि अधोसंरचना और खेती से संबंधित सहायक गतिविधियों के लिए चार हजार तीन सौ बयासी करोड़ रुपये की ऋण योजना तैयार की है

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के संयोजक वी के शर्मा ने बताया कि केंद्रीय श्रमिक संगठनों और अन्य स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल की जा रही है हड़ताल के दौरान बैंककर्मियों ने रैली और सभाओं का आयोजन किया उधर शिवपुरी में आज माधवचौक पर हड़ताली कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की संकल्प पत्र प्रदेश में नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिये समाज के सभी वर्गों विशेषकर युवाओं को जागरूक किया जायेगा

इस दौरान मद्यपान निषेध पर केन्द्रित विषय पर विदयालय और महाविदयालय स्तर पर वाद विवाद निबंध लेखन और पोस्टर प्रतियोगिताएँ आयोजित की जायेंगी नाटक गीत नृत्य आदि सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर मद्य निषेध के खिलाफ वातावरण निर्मित किया जायेगा सेमीनार वर्कशाप रैली और प्रदर्शनी आयोजित की जायेगी सहकारिता सहकारिता विभाग में सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के निराकरण का ब्यौरा ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकेगा इसके लिए मुख्यालय स्तर पर एक साफ्टवेयर तैयार किया गया है सहकारिता विभाग के पोर्टल ई कोआपरेटिवएनआईसीइन पर लॉगइन कर सूचना के अधिकार के संबंध में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की जानकारी ली जा सकेगी सहकारिता आयुक्त और पंजीयक केदार शर्मा ने सभी संबंधित अधिकारियों को नये साफ्टवेयर के उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं विज्ञापन दर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने ब्यूरो ऑफ आउटरीच एण्ड कम्युनिकेशन के प्रिण्ट मीडिया को दिये जाने वाले विज्ञापनों के दर में वृद्धि की है

यह निर्णय कल से प्रभावी हो गया जो तीन वर्ष तक लाग रहेगा

मौसम प्रदेश में शीतलहर बनी हुई है कल प्रदेश में सबसे कम तापमान तीन डिग्री सेल्सियस बैतूल में दर्ज किया गया

इंदौर होशंगाबाद और उज्जैन संभाग के जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से काफी कम दर्ज किये गये भोपाल में न्यूनतम तापमान सात दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से तीन डिग्री कम रहा अगले दो दिनों तक तापमान में विशेष परिवर्तन की उम्मीद नहीं है कोहरे की वजह से कई रेलगाड़ियां विलंब से चल रही है राजधानी भोपाल में भी बीती रात हल्का कोहरा छाया रहा जिसकी वजह से ठंड का असर और बढ़ गया शिवपुरी में कोहरे और शीतलहर के कारण दिन में भी सर्दी महसूस की जा रही है जिला प्रशासन ने सभी प्रातकालीन स्कूलों को सुबह नौ बजे से आरंभ करने के निर्देश दिये है